इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे समारोह को देखते हुए शिमला व आसपास के इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं इस दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक झांकियां भी निकाली जायेंगी गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ऊना में खाद्य आपूर्ति मंत्री किश्न कपूर क्ल्लू में जबकि शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चम्बा में होने वाले जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगी इसी तरह सोलन में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार हमीरपुर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और कांगड़ा जिला के धर्मशाला में वनमंत्री गोबिंद ठाकुर गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मण्डी में होने वाले समारोह की अध्यक्षता करेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चम्बा में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी के साथ समारोह में शामिल रहेंगे लाहौल स्पिति और किन्नौर में संबंधित जिलों के उपायुक्त गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस बीच गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को श्मकामनायें दी है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सफेद आफत से बेहाल सूबे में फिर बर्फबारी राजधानी से कट गया अपर शिमला प्रदेश के सैंकड़ों गांव पड़े अलग थलग पंजाब केसरी का शीर्षक है बीड़ बिलिंग में सैंकड़ों पर्यटक फंसे डेढ़ घंटा रैसक्यू कर बीड़ पहुंचाया दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में फिर बर्फबारी ठंड बढ़ी

जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक लोगों की दिक्कतों पर बर्फबारी

वहीं पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री ने राज्यत्व दिवस पर नहीं की बड़ी घोषणा कहा कर्मचारियों को बजट में मिलेगा तोहफा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हिमाचल के पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजे जाने की खबर भी लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए हैं वहीं अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के डॉ ओमेश भारती को एंटी रैबीज प्रोटोकाल जबकि अजय ठाकुर को कब्बडी में पदमश्री की घोषणा लोकसभा चुनाव पर अमर उजाला लिखता है वीरभद्र को सौंपी प्रचार की कमान दैनिक जागरण के अनुसार वीरभद्र को चुनाव प्रचार की कमान हिमाचल दस्तक के शब्द हैं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटियां दैनिक सवेरा टाईम्स का शीर्षक है हिमाचल में सिंह ईज किंग अगेन बिना परमिशन बने भवनों को मिलेगा बिजली कनैक्शन शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है राज्य सरकार ने अस्थाई कनैक्शन देने के निर्देश दिये हिमाचल में स्वाईन फ्लू से तीन और मौतें अमर उजाला की एक खबर है दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय आपदा प्रबंधन में लिखता है कि कि आपदा से बचाव के लिए जरूरी है कि कमियों से सबक सीखकर उनमें सुधार का प्रयास हो लोग भी मौसम विभाग और प्रशासन को हल्के में न लें